देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आर्थिक संसाधन जुटाने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की विभागों को हर महीने आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए

बागेश्वर वन विभाग की नई मुहिम जिन वन पंचायतों में पिछले पांच वर्षो में आग नहीं लगी पर्यावरण दिवस के दिन उन्हें सम्मानित किया जाएगा स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल के मतदान के लिए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं

जम्मू कश्मीर में लद्दाख और अंनतनाग निर्वाचन क्षेत्र के पुलवामा और शोपियां जिलों में भी मतदान होगा इस बीच लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के प्रचार में तेजी आ रही है विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के भदोही में विजय संकल्प रैली में कहा कि दुनियाभर में भारत का सम्मान बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर और ग्वालियर में भी जनसभाओं को संबोधित किया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा और पंजाब में चुनावी रैलियों को संबोधित किया बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार किया समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूटेगा नहीं स्लग मुख्यमंत्री जनसभा वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज हरियाणा के फरीदाबाद और गुरूग्राम में भाजपा उम्मीवारों के समर्थन में जनसभाएं कीं जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव एक सशक्त भारत और नए भारत के निर्माण के लिए हो रहा है आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास नारे को साकार करते हुए सभी वर्गों जातियों और समुदायों के विकास के लिए काम किया है

इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर तप्तकुण्ड और धाम के आंतरिक पैदल मार्गो का निरीक्षण किया साथ ही यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाऐं चाक चौबन्द करने के निर्देश दिए बद्रीनाथ धाम में जिला प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा अभी तक किए गए कार्यो पर मुख्य सचिव ने संतोष जताया जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मुख्य सचिव को धाम में बिजली पानी आवास शौचायल पार्किंग खाद्यान्न आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं सहित धाम में संचालित विभिन्न कार्यो की प्रगति की जानकारी दी वहीं पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताया

साथ ही यात्रियों को एसएमएस के जरिये भी मौसम पैदल मार्गों पर होने वाले भूस्खलन वनाग्नि जैसी घटनाओं की पूर्व सूचना दी जाएगी पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि चारधाम आने वाले यात्री घर बैठे ही यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे मोबाइल एप से रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के जरिए निश्चित समय में एक धाम के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र में मौजूद यात्रियों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी शनिवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की जिसमें चारधाम यात्रा में मोबाइल एप प्रयोग से यात्रियों और जिला आपदा क्रियान्वयन केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करने और सूचनाओं को शीघ्र पहुंचाने पर चर्चा की गई स्लग चारधाम सुरक्षा इससे पहले शनिवार को पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार और देहरादून जिले की यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने चारघाम यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न आने के निर्देश दिये

इन स्थानों पर परिवहन और लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे

यहां सेक्टर प्रभारी के निगरानी में पुलिस बल तैनात किया जाएगा सेक्टर प्रभारी का दायित्व होगा कि यातायात सुचारु रूप से चले यात्रा सीजन के दौरान हाईवे पर यातायात व्यवस्था के लिए तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाये जाने के लिए निर्देशित किया गया है

देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आर्थिक संसाधन जुटाने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की